उच्चतम न्यायालय ने भीड़ की हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए संसद से नया कानून बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि भीड़ की हिंसक गतिविधियों को नया कायदा बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इन्हें सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है शीर्ष न्यायालय ने भीड़ की हिंसा और गौ रक्षा के नाम पर होने वाले अपराधों से निपटने के लिए रोकथाम सुधारात्मक और दंडात्मक प्रावधान वाले दिशा निर्देश भी जारी किए हैं न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि कानून का शासन कायम रखना राज्य सरकारों का दायित्व है और राज्य ऐसे अपराधों की अनदेखी नहीं कर सकते राज्य सरकार ने तेजाब हमला और दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं को दी जाने वाली सरकारी सहायता राशि को बढ़ाकर सात लाख रूपये कर दिया है पहले यह राशि तीन लाख रूपये थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी इस प्रस्ताव में पीड़िताओं की आय़् चौदह वर्ष से कम रहने पर दी जाने वाली सहायता राशि में पचास प्रतिशत और बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है वहीं इस प्रकार के हमलों में पीड़िता की आंख की रोशनी अस्सी प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर उपचार की व्यवस्था की जायेगी केन्द्र सरकार बिहार सहित देश के एक सौ सत्रह पिछड़े जिलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए एक हजार सात सौ करोड़ की लागत से सत्तर नए मॉडल कालेजों की स्थापना करेगी इनमें से उनतीस कॉलेजों को विकसित कर मॉडल डिग्री कॉलेज बनाया जायेगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने योजना को तेजी से लागू करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिया है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है राज्य के नक्सल प्रभावित पांच जिलों गया बांका जमुई औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर में आठ सौ चौंसठ किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जायेगा श्री यादव ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण पर बारह सौ उनतीस करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे उन्होने बताया कि मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर साढ़े चार करोड़ की लागत से पुल का भी निर्माण किया जायेगा महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी राज्यों से मदर टेरेसा मिशनरी द्वारा चलाये जा रहे बाल देखभाल गृह के तुरंत निरीक्षण के लिए कहा है एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्रीमती गांधी ने राज्यों से एक महीने के भीतर यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सभी बाल देखभाल संस्थान पंजीकृत हों और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से जुड़े हुए हों केन्द्र सरकार ने आम चूनाव में उम्मीदवारों के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चूनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने के बारे में उच्चतम न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका का विरोध किया है विधि और न्याय मंत्रालय में उपसचिव के के सक्सेना के हलफनामे में केन्द्र ने कहा है कि याचिका से यह साबित नहीं होता कि इससे किसी भी तरह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी व्यक्ति को दो निर्वाचन क्षेत्रों से चूनाव लड़ने की अनुमति दी गई है निर्वाचन आयोग ने पिछले वर्ष दिसम्बर में दाखिल हलफनामे में कहा था कि कानून में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि कोई उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव न लड़ सके संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है सरकार ने दोनों सदनों में कामकाज के सुचारु संचालन के लिए सभी दलों के बीच समन्वय की खातिर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सभी दलों ने दोनों सदनों के संचालन में पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है श्री कुमार ने बताया कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सभी से सहयोग का अनुरोध किया बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद लोजपा के चिराग पासवान सीपीआई के डी राजा सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह छियालीसवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार और सुझाव देने को कहा है इसके अलावा टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में संदेश रिकार्ड कराया जा सकता है एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजा जा सकता है कटिहार जिले की स्थानीय अदालत ने पीट पीट कर दो लोगों को गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में आठ लोगों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है आरोपियों पर सोलह हजार रूपये का जुर्नामा भी लगाया गया है यह मामला वर्ष दो हजार चौदह में कदवा थाने में दर्ज किया गया था भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में आज बम विस्फोट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्थानीय निवासी बजरंगी लाल साह अपने घर के पास एक जर्जर मकान में अवैध रुप से बम बना रहा था तभी विस्फोट हो गया इस मामले में छानबीन की जा रही है पूर्वी चंपारण जिले के ढांका अनुमंडल कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा गोलीबारी की घटना के बाद अदालत परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है पुलिस ने गोलीबारी कांड में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है गौरतलब है कि कल अपराधियों की गोलीबारी में कुख्यात अपराधी अभिषेक झा की मौत हो गयी पेशी के लिए ले जाये जा रहे अभिषेक झा को छुड़ाने के लिए पहले से घात लगाये उसके सहयोगियों ने पुलिस पर यह हमला किया था राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य के पर्यटन स्थलों को और अधिक आकर्षक बनाने पर बल दिया है राज्यपाल ने आज राजभवन में भारतीय विदेश सेवा के वर्ष उन्नीस सौ बानवे और उन्नीस सौ तिरानवे बैच के तीन वरीय अधिकारियों से शिष्टाचार मुलाकात के दौरान कहा कि बोधगया नालंदा राजगीर विक्रमशिला मिथिलांचल केसरिया चम्पारण जैसे पर्यटन स्थलों के प्रति विदेशी पर्यटकों में आकर्षण पैदा कर राज्य को आर्थिक रूप से सुद्रढ़ किया जा सकता है राज्यपाल ने कहा कि बिहार का इतिहास और सांस्कृतिक वैभव अत्यन्त गौरवमय रहा है भारत के स्वर्ण युग का इतिहास दरअसल बिहार का ही इतिहास रहा है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच और भागलपूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तेरह अगस्त विश्व अंगदान दिवस से नेत्र बैंक काम करना शुरू कर देगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुजफ्फरपुर दरभंगा गया और बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इकतीस अगस्त तक आई बैंक शुरू हो जायेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि चार साल में केन्द्र सरकार बाईस करोड़ परिवारों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में सफल रही है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के काम की बदौलत ही भाजपा दो हजार उन्नीस का चुनावी महासमर जीतेगी श्री राय भोजपुर जिले के तरारी और अगिआंव विधानसभा क्षेत्र में शक्ति केंद्र प्रभारियों और जिला संगठन के पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे रोहतास जिले में सोन नदी से बालू का उत्खनन बंद होने के कारण जिले में बालू की कीमत में काफी उछाल आया है लोगों को सामान्य से छह गुणा अधिक दाम पर बालू खरीदना पड़ रहा है इस संबंध में रोहतास जिला ट्रक ऑपरेटर संघ ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर बालू की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की है पटना नगर निगम के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का बीमा कराया जायेगा साथ ही गंगा नदी के किनारे बन रहे एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य की नियमित देख रेख के लिए तीन सदस्यों वाली समिति का गठन किया जायेगा पटना नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया सीमातढ़ी जिले को खुले में शौचमुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा आज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सतहत्तर पर विश्वनाथपुर से भैरोकोठी कांटा चौक तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया इस दौड़ में विधायक सुनील कुमार कुशवाहा जिलाधिकारी रंजीत कुमार सिंह सहित कई पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के गजग्राह चौक के पास आज दिनदहाड़े सशस्त्र अपराधियों ने एक सेवानिवृत सूबेदार से करीब डेढ़ लाख रुपये लूट लिये शेखपुरा जिले में उत्पाद विभाग ने छापेमारी के दौरान चालीस बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है